राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर उनसठ प्रतिशत हुयी

अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड उन्नीस महामारी से निपटने की तैयारियों पर नई दिल्ली में वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की बैठक में महामारी से निपटने की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन किया गया बैठक में गृहमंत्री स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कैबिनेट सचिव स्वास्थ्य सचिव भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अधिकारियों ने भाग लिया नीति आयोग के सदस्यों और चिकित्सा आपात प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक डॉक्टर विनोद पॉल ने बैठक में मौजूदा स्थिति और कोविड उन्नीस के संक्रमण की संभावित स्थिति की विस्तृत प्रस्तृति पेश की सदस्यों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दो तिहाई मामले केवल पांच राज्यों में हैं बड़े शहरों की चुनौतियों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर बढाने और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने शहर और जिलावार अस्पतालों और आइसोलेशन बिस्तरों की आवश्यकता पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों को भी संज्ञान में लिया उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सलाह मशविरा करके आपात योजना बनाने के निर्देश दिए हैं श्री मोदी ने मॉनसून को देखते हुए उचित तैयारियां सूनिश्चित करने को कहा भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता तथा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से स्थिति कई विकासशील देशों से बेहतर है एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुये श्रीमती इरानी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के लिये विशेष सहायता उपलब्ध करायी गयी है

बैंक चलकर जनधन योजना का खाता खुलवाने गरीब के घर तक पहुंचा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातृवंदना योजना के चलते सगर्भा माताओं को अब तक पांच हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की सुविधा कैश ट्रांसफर करके उनके बैंक के खाते में पहंचाई प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित तीन सौ सत्तर लोग स्वस्थ हुए हैं राज्य में स्वस्थ होने की दर उनसठ प्रतिशत हो गई है कुल तीन हजार छह सौ अड़सठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई जबकि दो हजार पांच सौ अड़सठ लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण के एक सौ तिरानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शिवहर में पच्चीस मध्रबनी में इक्कीस बांका में सोलह पटना में पंद्रह भागलपुर में तेरह जहानाबाद में ग्यारह पश्चिम चंपारण में नौ औरंगाबाद मुजफ्फपुर भोजपुर और दरभंगा में छह छह सिवान सीतामढ़ी तथा बेगूसराय में पांच पांच रोहतास किशनगंज कैमूर और गया में चार चार पूर्णिया अररिया सुपौल खगड़िया तथा मुंगेर में तीन तीन नवादा गोपालगंज सारण और कटिहार में दो दो तथा बक्सर मधेपुरा और लखीसराय में एक एक संक्रमित की पहचान की गयी है अब तक करीब एक लाख बीस हजार लोगों की कोरोना जांच की गयी है जिनमें से छह हजार दो सौ नवासी संक्रमित पाये गये हैं जबकि पैंतीस लोगों की इस महामारी से मौत हुई है इधर देश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या तीन लाख बीस हजार नौ सौ बाईस हो गई है केन्द्र सरकार के अनुसार देश भर में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या उनचास दशमलव नौ चार प्रतिशत हो गई है और अब तक एक लाख बासठ हजार तीन सौ उनासी रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या नौ हजार एक सौ पंचानवे हो गई है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड उन्नीस के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं सूंघने और स्वाद की क्षमता के खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षण में शामिल किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रसिल्जिमाब और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड उन्नीस के मरीजों की स्थिति को देखते हुए ही किया जाना चाहिए मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर निर्भर हैं कन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरूआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीडित मरीजों को यह नहीं दी जानी चाहिए सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ई सी जी की जानी चाहिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉ सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोरोना वायरस के रूप बदलने से वैक्सीन की दक्षता पर कोई असर पड़ने की आशंका नहीं है विश्व स्वास्थ्य संगठन के सोशल मीडिया पेज पर लाइव प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में डॉ स्वामीनाथन ने कहा साउंड बाईट अमी हमारे पास दो टीके हैं

अभी हम यह नहीं कह सकते कि ये दोनों टीके उन मानको पर खरे उतरेंगे जो मैंने बताये लेकिन अगर आप आशावादी है तो निश्चय ही हमें इस साल के अंत तक परिणाम हासिल होंगे और हम दवा भी बना लेंगे

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फिलहाल दुनियाभर में लगभग दो सौ वैक्सीन पर काम चल रहा है इनमें से दस वैक्सीन का मनुष्यों पर परीक्षण किया जा रहा है कोविड उन्नीस महामारी से निपटने में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह अत्यंत उपयोगी है अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉ उमा कुमार ने लोगों को उचित सामाजिक दूरी का पालन करने हाथों की स्वच्छता और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है

सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेन्टेन करना कफ एटिकेट्स खांसने या छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो हैं समझना और उसको फॉलो करना पब्लिक हेत्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड उन्नीस मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है साउंड बाईट अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट का मुकाबला देने में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है जो कोविड उन्नीस महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में विनिर्माताओं वितरकों और उपभोक्ताओं के लिए सहायक होगा यह पोर्टल आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना है इस पोर्टल पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध होगी इससे अस्पतालों प्रयोगशालाओं शोध संस्थानों चिकित्सा कॉलेजों और रोगियों को मदद मिलेगी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कहा है कि आने वाले वर्षों में आरोग्य पथ स्वास्थ्य देखभाल की सूचना देने वाला प्रमुख केंद्र होगा

प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी कामगारों को रखने के लिये विभिन्न जिलों में बने क्वारंटाइन सेंटर कल से बंद हो जायेंगे आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के सभी प्रखंडों में पंद्रह हजार से अधिक क्वारंटाइन सेंटर खोले गये हैं उनतीस अप्रैल से इन सेंटरों में पंद्रह लाख बाईस हजार से अधिक लोगों को रखा गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अंतर्गत इन सेंटरों को बंद कर दिया जायेगा इधर स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि क्वारंटाइन सेंटर बंद हो जाने के बाद भी जो प्रवासी बिहार आयेंगे उनकी रैंडम जांच और घर घर सर्वे की कार्रवाई जारी रहेगी अब प्रवासियों को होम क्वारंटाइन में हीं रखा जायेगा दक्षिण पश्चिम माॉनसून बिहार में प्रवेश कर गया है भागलपुर पूर्णिया और कटिहार जिलों में मॉनसून की पहली बारिश हुई पिछले एक दशक की तुलना में इस वर्ष राज्य में मॉनसून जल्दी पहुंचा है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान अररिया किशनगंज कटिहार भागलपुर और बांका जिलों में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस साल छियानवे प्रतिशत वर्षा की उम्मीद है विभाग ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है इधर पटना और आसपास के इलाकों में सुबह से हीं बादल छाये हुये हैं मॉनसून के सही समय पर पहुंचने से किसानों में ख़्शी का माहौल है वहीं मानसून की बारिश होने से भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को देखते हुये इस बार बाढ़ पीड़ितों के लिये पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने का निर्देश दिया है पटना में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ की समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को देखते हुये इन केंद्रों पर बाढ़ प्रभावितों को रखने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने को कहा है इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ की पूर्वानुमान प्रणाली को और सुदृढ़ करने तथा इसका लोगों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया वहीं पिछले वर्ष पटना में जलजमाव के कारण हुई परेशानी को देखते हुये मुख्यमंत्री ने इस वर्ष विशेष तैयारी रखने और सतर्कता बरतने को भी कहा है भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आईसीएसआई की जून सत्र की परीक्षाएं अब अगस्त में होंगी संस्थान ने जून में होने वाले फाउंडेशन प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम प्रोफेशनल प्रोग्राम और पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन परीक्षाएं स्थगित कर दी है अब ये परीक्षाएं अठारह से अट्ठाईस अगस्त के बीच आयोजित की जाएंगी इस महीने की सत्रह तारीख को होने वाली पहली कंपनी सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा सीएसईईटी भी स्थगित कर दी गई है अब यह परीक्षा उनतीस अगस्त को आयोजित होंगी सीएसईईटी के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि सत्ताईस जुलाई है राज्य सरकार ने प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न जिलों के सौ प्रखंडों में मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की बहाली को मंजूरी दी है इन पदाधिकारियों को इकतालीस हजार रूपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जायेगा पहले चरण में दरभंगा मध्रबनी मुजफ्फरपुर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बहाली होगी आज विश्व रक्तदान दिवस है यह दिवस हर वर्ष चौदह जून को लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है साथ ही जागरूकता रैलियों ओर संगोष्ठियों का आयोजन कर लोगों में रक्तदान को लेकर व्याप्त भ्रांतियों के विषय में जानकारियां दी जा रही है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समस्तीप्र के बाजार समिति प्रांगण में दो सौ पचास लाख छियासठ हजार की लागत से बनने वाली कृषि कार्यालय भवन का शिलान्यास किया वहीं श्री कुमार ने जिले के पुसा स्थित बाँरलाँग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया परिसर में दो करोड़ तीस लाख की लागत से निर्मित कृषि प्रशिक्षण केंद्र भवन का भी उद्घाटन किया मुजफ्फरपुर में एईएस बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी तीन सौ पचासी पंचायतों में सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कर्तव्यहीनता के मामले में शेखपुरा जिले के शेखोपुरसराय थानाध्यक्ष राजनंदन कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है खगड़िया जिले में जल जीवन हरियाली योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुये आगामी नौ अगस्त को तीन लाख अंठावन हजार पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है राज्य में नये निकायों का गठन नई जनगणना के बाद दैनिक जागरण ने नेपाल से जुड़े खबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है बिहार की जो योजना नेपाल से जुड़ी हैं और लंबित हैं उन्हें पूरा किये जाने को ले संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर इसका समाधान निकालें दैनिक भास्कर का शीर्षक है सोलह और सत्रह जून को मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री प्रभात खबर ने कम गर्मी और हरियाली अभियान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है एक साल में तेईस जिलों में ग्यारह फुट तक बढ़ा ग्राउड वाटर लेवल

राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर उनसठ प्रतिशत हयी

अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना